ये अध्यादेश हैं कृषि उत्पाद व्यापार तथा वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविघा अध्यादेश दो हजार बीस तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश दो हजार बीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्वाध व्यापार को सुगम बनायेंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायेाजकों के साथ जुड़ने के लिये सशक्त करेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर साक्षानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने आठ जून से प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में मिलने वाली छूट के सम्बंव में कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है श्री योगी ने सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा न हों लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए श्री योगी ने कहा कि अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का योगदान प्रदेश के नव निर्माण में लिया जाए श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों को जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए उन्होंने प्रदेश में पंद्रह से तीस जून के बीच एक करोड़ मानव दिवस सुजित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल दो सौ नौ लोग स्वस्थ हुए राज्य में अब तक कुल पांच हजार छह सौ अड़तालीस लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं तीन हजार आठ सौ अट्ठाइस लोगों का उपचार चल रहा है पांच सौ दो नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या नौ इजार सात सौ तैंतीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह लोगों की मृत्यु भी हुई जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या दो सौ सत्तावन हो गयी है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार जौनपुर जिले में इकतालीस लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई जिले में कुल मामले बढ़कर दो सौ उन्वास हो गए हैं आजमगढ़ जिले में संत्रह नए मरीज मिले जिसके बाद यहां कुल मामले एक सौ तैंतालीस हो गये वाराणसी जिले में तेरह नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की तादाद दो सौ उन्नीस हो गयी है क्शीनगर जिले में दस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हई है जिसके बाद जिले में क्ल मामले चवालीस हो गये हैं गोरखपुर में पांच नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमित एक सौ बाईस हो गए हैं बलरामपुर में तीन नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या सैंतालीस हो गयी है महराजगंज में छह लोगों में संक्रमण मिला है जिले में क्ल मामले तिहत्तर हैं देवरिया में नौ अम्बेडकरनगर में सात और गोण्डा में छह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड नाइन्टीन पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित की जाती है राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के रेस्पिरेटरी केयर विभाग के अध्यक्ष डॉ रजनीश गुप्ता ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हरेक को अपने घर पर ही रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए जो भी उनकी मेडिकल इलनेप्र है कोमोबटिवज है उनको हाइपर टेशन हैं जिनको शुगर की प्रोब्लम है

अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ एबी डे ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन जैसी महामारियों का वरिष्ठ नागरिकों पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें घर में ही रहने मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी जरूरी साक्यानियां बरतनी चाहिए उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और अगर वे किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो उसी मात्रा में उसे जारी रखना चाहिए

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें पिन लोगों को बीमारी है र्जा लगता है कि आपको कि चनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा परिचर्चा में भाग लेंगे यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं नम्बर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज भी दिन भर बादल छाये रहने से मौसम सुहावना बना रहा पिछले दो दिनों के दौरान लगातार हुई ब्रेदाबांदी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गयी जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के पूर्वी भाग में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबादी भी हो सकती है सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहेगा